इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी के बीच देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा

संकल्प आत्मनिर्भर बनने का और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिन्दुस्तान के मन मष्तिक में तो छाया हुआ है आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है और इसमें अट्ठारह प्रतिशत की वृद्वि हई है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी विश्व की बड़ी कंपनियां भारत की तरफ देख रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद का प्रभावी रूप से मुकाबला कर रहा है एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया भारत की संप्रश्नता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ संकल्प से प्रेरित है इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं देश क्या कर सकता है ये लदाख में दुनिया ने देख लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और कहा कि भारत को विश्व की जरूरतों से निपटने का प्रयास करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढना होगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्मर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्मरता कम करना ही नहीं है बल्कि भारत की क्षमता सुजनता और कौशल को मजबृत करना भी है भारत क्या कर सकता है इसका उदाहरण देते हए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से पहले देश में एन नाइन्टी फाइव मास्क पीपीई किट और वेंटीलेटर नहीं बनते थे अब बनने लगे हैं और वह इन वस्त्ओं का निर्यात करने की स्थिति में है कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत चीजों के लिए हम कठिनाईयों में है हमें दुनिया से तड़ना हैं दुनिया दे नहीं पा रही हमारे देश के नौजवानों ने हमारे देश के उद्यमियों ने हमारे देश के उद्यो जगत के लोगों ने बेड़ा उठा लिया जिस देश में एन ॐ नहीं बनता था बनने लगे पीपीई नहीं बनता था बनने लग गये वेंटीलेटर नहीं बनता था बनने लग गयें देश की आवश्यकता की तो पूर्ति हुई लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई दुनिया की जरूरत थी आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है आज इसमें हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है इसे ध्यान में रखते हए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्मर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह से पहले देश में केवल पांच दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की घोषणा की

भारत के हेस्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टैक्नॉलोजी का बहत सुविचारित रूप से उपयोग होगा प्रत्येक भारतीय को हेत्थ आईडी दी जायेगी ये हेल्य आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी आपके हर टेस्ट हर बीमारी आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी उनका क्या डायग्नोजिज था कब दी थी आपकी रिपोर्ट क्या थी ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आइबी में आपको समाहित की जाएगी श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं और वैज्ञानिकों की मंजरी मिलने के बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्व स्मारक में शहीदों को श्रद्वांजलि दी और पृष्पचक्र अर्पित किया इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुक्न्द नरवणे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वाय सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कमार सिंह भदौरिया उपस्थित थे प्रदेश में भी आज चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम विघान भवन के सामने आयोजित हआ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झण्डारोहण कर प्रदेशवासियो को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी

उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान जान कूर्बान करने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के हाल के कई फैसलों की सराहना भी की